दरभंगा जिले के हाया घाट में सबसे अधिक एक सौ चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी

अठारह हजार सात सौ इक्तालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गयी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है प्रदेश के आठ जिलों में लगभग चार लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इधर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर गंडक बराज से साढ़े चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है जिले में गंडक किनारे बसे ठकराहा भितहा मधूबनी और पिपरासी प्रखंडों के सत्तर गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड सहित कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं राज्य सरकार ने बाढ़ को लेकर मुजफ्फरपुर सारण और वैशाली जिले के अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है पूर्वी चंपारण जिले में सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इसके चलते लोगों को ऊचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है दरभंगा जिले में अधवारा समूह की नदियों का पानी बढ़ने से केवटी दरभंगा सदर बहादुरपुर और सिंघवारा प्रखंड के कई गांव प्रभावित हुए है बाढ़ से बचने के लिए बड़ी संख्या में ककरघटी गांव के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतावन पर शरण लेना पड़ी है इधर सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है राम जानकी मंदिर सदर अस्पताल राजोपट्टी सर्किट हाउस सहित कई कार्यालय और इलाकों में भारी जलजमाव है वहीं शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रहा है उफान के कारण शिवहर सीतामढ़ी और शिवहर मोतिहारी सड़क मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है इन दोनों मार्गों पर आबाजाही पूरी तरह ठप्प है जिले के पिपरासी प्रखंड के बेलवा नरकटिया इनरवा सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल से अररिया जिले में आने वाली नदियां भी उफान पर है परमान रतवा बकरा और भलुआ नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है इधर अररिया के ताराबाड़ी बेंगा डायवर्जन पर बाढ़ का पानी तीन फीट ऊपर तक बह रहा है जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप्प है और सिकटी प्रखंड के एक दर्ज से अधिक गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक ब्रूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं ब्रूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया में कई स्थानों पर लाल निशान के आसपास बह रही है बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के बेनीवाद में लाल निशान को छू रहा है हालांकि बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ढेंगब्रिज और कटौझा में खतरे के निशान से नीचे आ गयी है कमला बलान कोसी और परमान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है वहीं गंगा नदी पटना के हथीदह और गांधी घाट तथा भागलपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है कमला बलान नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है मध्रबनी जिले के जयनगर में यह खतरे के निशान से नब्बे सेंटीमीटर ऊपर बह रही है महानंदा नदी के जलस्तर में किशनगंज और पूर्णिया में बढ़ोतरी देखी गयी वहीं कोसी नदी सुपौल जिले के बसुआ में खतरे के निशान को छूते हुए बह रही है

इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की आशंका है इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि राज्य में अब तक सामान्य से बावन प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि बांका जिले में अलग अलग घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यू हो गयी है वहीं नालंदा जिले में चार पूर्वी चंपारण और जमुई जिले में खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने दो लोगों की मृत्यु हो गयी राज्य के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक रहा गौरतलब है कि लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया था वे वर्तमान में मध्यप्रदेश के राज्यपाल थे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश क्मार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

इस दल ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में हर संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने और महामारी के फैलने की कड़ी को तोड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये दो दिवसीय अपने दौरे में केन्द्रीय टीम ने मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की इसके अलावा इस दल ने पटना और गया में कोविड उन्नीस नोडल अपस्पतालों में उपलब्ध सूविधाओं का जायजा लिया दल के सदस्यों ने होम क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों को कोविड उन्नीस से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये इसके बाद राज्य सरकार ने होम क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों को दवा की किट उपलब्ध कराने का फैसला किया है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के बाद ग्यारह सौ नौ नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ तीस नये मामले पटना जिले में पाये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में एक सौ ग्यारह मामलों की पूष्टि हुई है इसके अलावा गया जिले में एक सौ आठ रोहतास में सड़सठ और वैशाली जिले में छिहत्तर संक्रमण के मामले सामने आये हैं अब तक अठारह हजार सात सौ इक्तालीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं वहीं नौ हजार छह सौ चौबीस लोगों का इलाज चल रहा है अब तक राज्य में पटना सबसे अधिक प्रभावित जिला है यहां चार हजार से अधिक लोग संक्रमित पाये गये हैं जबकि बत्तीस लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है पैंसठ दशमलव छह एक प्रतिशत लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं दो सौ सत्रह लोगों की राज्य में इस महामारी से मृत्यु हुई है

इस अस्पताल के आठ डॉक्टर संक्रमित हो गये हैं इधर जमुई जिले में बिहार ग्रामीण बैंक के रिजनल मैनेजर और कई अधिकारियों सहित आठ बैंक कर्मी कोरोना संक्रमित हो गये नक्सल रोधी गतिविधियों के लिए तैनात सीआरपीएफ के सात जवान भी कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं समस्तीपुर जिले में कोरोना संक्रमण से अपर लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद की मृत्यू हो गयी है शेखपुरा जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले के सभी बैंकों को कल से पांच दिन के लिए बंद कर दिया गया है इधर अरवल जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में तीन द्रकानों को आज सील कर दिया गया वहीं जिले में संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण इलाज की व्यवस्था ठप्प हो गयी है

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जुलाई से अब तक सोलह हजार वाहन जब्त किये गये हैं वहीं फेस मास्क नहीं पहनने पर बहत्तर हजार लोगों से छत्तीस लाख रूपये जुर्माना वसूला गया है देश भर में कोविड उन्नीस के मामलों की संख्या बढ़कर ग्यारह लाख पचपन हजार से अधिक हो गयी है वहीं इस महामारी से अठाईस हजार चौरासी लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक सात लाख चौबीस हजार पांच सौ अठहत्त्र लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चूके हैं ठीक होने वालों की दर बढकर बासठ दशमलव सात दो प्रतिशत हो गई है राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी के इलाज के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ायी जायेगी मुख्यमंत्री के सचिव अनूपम कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अभी कोविड उन्नीस महामारी के लिए कुल तीन नोडल अस्पताल बनाये गये हैं वहीं अन्य छह मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोविड उन्नीस के इलाज के लिए सौं सौ बेड के अलग कोरोना ब्लॉक बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में इस महामारी के इलाज की व्यवस्था हो सके इसके लिए जिलाधिकारियों को समन्वय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है इधर राज्य सरकार ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल को एनएमसीएच तथा बिहटा के नवनिर्मित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स पटना से जोड़ने का निर्णय किया है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हई बैठक में अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिये गये वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एके वार्ष्णेय ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने से परिणाम जल्दी आ जाते हैं और संक्रमित लोगों को समय पर इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है

इसका एक एडवांटेज है कि अगर वो पॉजिटिव है तो आपको दूसरे टेस्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है

अगर आप निगेटिव हैं तब उनमें भी पॉजिटिव कुछ परसेंटेज हो सकते हैं

अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गूलेरिया ने बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है इसके शुरूआती परिणाम अच्छे आये है उन्होंने बताया है कि पहले चरण में टीके को सुरक्षित पाये जाने के बाद ही ज्यादा संख्या में लोगों को इस परीक्षण का हिस्सा बनाया जायेगा बाईट रणदीप गुलेरिया जो हमारा टारगेट है हंडर्ड पेशेंट का वो हो जाएं जब पचास पेशेंट हो गये तो उनको हम मॉनिटर करेंगे जो डेटा सेफ्टी मॉनिटर बोर्ड है उनको डेटा देंगे फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ है फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे जिसमें हम और पेशेंट को रिक्रूट करेंगे क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते है सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन हेज टू बी सेफ

तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सी सेफ्टी

इस पहल से विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता मिलेगी श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों शिक्षकों और परिवारों को मजबूती सहायता और सुझाव देगा

दरभंगा जिले के हाया घाट में सबसे अधिक एक सौ चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी

अठारह हजार सात सौ इक्तालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गयी